कुल प्रत्याशी नाम वापसी के बाद अब प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है

उसने टीकमगढ़ जिले की जतारा सीट शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता दल के लिये छोड़ी है

श्री मोदी कल ग्वालियर और शहडोल में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे

वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी आज से विभिन्न जिलों की विधानसभाओं में पहुंचकर जनसभा और रोड शो में भाग लेंगे श्री शाह आज बड़वानी शाजापुर औी बड़नगर में सभा को संबोधित करेंगे वही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल बुंदेलखंड महाकौशल और विन्ध्य क्षेत्र के जिलों में चुनावी सभाएं करेंगे

इस दौरान वे बालाघाट और भोपाल में जनसभा को संबोधित करेंगी

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और वीवी पैट के दूसरे चरण का परीक्षण आज किया जायेगा कटनी में इस प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उम्मीद्वारों से तय सीमा और स्थान पर उपस्थित होने की अपील की वही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप प्लान गतिविधियां भी चल रही है देवास में आज हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया जायेगा जिसमें मतदाता मतदान में शामिल होने को लेकर अपने हस्ताक्षर करेंगे कल से दो दिवसीय अभियान चलाकर मतदाताओं से संकल्प पत्र भरवाये जायेंगे

प्रशासन द्वारा जांच अभियान भी चलाया जा रहा है

आज भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े नेताओं की सूची तैया की जा रही है गौरतलब है कि कांग्रेस के दर्जनभर से ज्यादा नेता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरे हैं वहीं भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने बागी नेताओं के खिलाफ कदम उठाते हुए तीन दर्जन से ज्यादा नेताओं की छुट्टी कर दी है इनमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं

कल भोपाल में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत यह फैसला किया गया है

पुरातत्व आयुक्त अनुपम राजन ने बताया है कि संचालनालय सहित विभिन्न जिलों में स्थापित संग्रहालयों में प्रदर्शनी कार्यशाला और व्याख्यान माला जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

कल नई दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया